प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चर्चा करते हुए कहा कि इससे देश में बड़ा बदलाव आएगा और इसका लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचाने में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में लोग अपना व दूसरों का ध्यान रखते हुए रोज़मर्रा का काम भी कर रहे हैं और देश में हो रहे हर आयोजन में जिस तरह का संयम और सादगी इस बार देखी जा रही है वह अभुतपूर्व है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में नागरिकों में अपने दायित्व का एहसास है उन्होंने लोगों से दो गज की दूरी मास्क जरूरी संकल्प का पूरी तरह से पालने करने और अपने आप को सुरक्षित रखकर कोरोना को हराने का आह्वान किया मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झंड्रता विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे इसके अलावा सचिवालय में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे अनुराण ठाकुर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम बनी है

अनुराग ठाकुर ने कहा कि गरीबों के आर्थिक सशक्तिकरण और उन्हें बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने छह वर्ष पहले जनधन योजना शुरू की थी

आयुष्मान भारत आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अनुबंधित अस्पतालों की अब उनकी स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर रैंकिंग की जायेगी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इस बारे दिशा निर्देश जारी किये हैं

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है बीपीएल फर्जीवाड़ा रोकने को ग्रामसभाओं की होगी अब वीडियोग्राफी ऑनलाईन नज़र रखेंगे बीडीओ दैनिक भास्कर का शीर्षक है पारदर्शिता लाने को ग्रामसभा की बैठकों की होगी वीडियोग्राफी दिव्य हिमाचल के शब्द हैं कैमरे में कैद होंगी ग्राभसभा की बैठकें हिमाचल दस्तक की एक खबर है भर्तियां बहाल करवाने हाईकोर्ट जाएगी प्रदेश सरकार ईडब्ल्यूएस आरक्षण के झगड़े में फंस गए हैं चार हजार पांच सौ पद तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडेय के हवाले से पंजाब केसरी लिखता है जनजातीय क्षेत्रों में ऑफ कैंपस की शुरूआत करेगा तकनीकी विश्वविद्यालय दिव्य हिमाचल के अनुसार नए साल में नए कोर्स लाएगी टीयू हमीरपुर आपका फैसला का कहना है बाजार की मांग अनुसार नए ट्रेड शुरू करने के लिए सर्वे करेगा तकनीकी विश्वविद्यालय सौ साल तक अटल रहेगी रोहतांग टनल शीर्षक से अमर उजाला लिखता है अत्याधुनिक तकनीक से बनी सुरंग को एक शताब्दी तक मरम्मत की जरूर नहीं कोरोना महामारी पर हिमाचल दस्तक की सुर्खी है टांडा में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हमीरपुर के बड़सर की महिला ने तोड़ा दम

टुल्लू पंप में करंट आने से पिता और पुत्र की मौत वृद्धा झुलसी संबंधी खबर भी अखबारों में प्रमुखता लिए हुए है